राष्ट्रीय युद्ध स्मारक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया यह स्मामरक आजादी के बाद देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करने से पहले पूर्व सैनिकों को सम्बोंधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना विश्व में सबसे वीर सेनाओं में से एक है उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हमेशा चुनौतियां स्वीकार की हैं और कारगर ढंग से जवाब दिया है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भारतीय सशस्त्रक बलों को आत्म निर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है उन्होंने कहा कि भारत सैनिकों की बहादुरी के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सबसे तेज गति से विकास कर रहा है इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की नर्मदा कालीसिंध लिंक योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ कल देवास जिले के सोनकच्छ में नर्मदा कालीसिंध लिंक उद्वहन सिंचाई योजना और बड़वानी जिले के नागलवाड़ी ग्राम में माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन करेंगे इस दौरान नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे

योजनाओं की विशेषता यह है कि प्रत्येक ढाई हेक्टेयर चक में दाबयुक्त जल मिलने से किसान फौव्वारा पद्धति से सिंचाई कर सकेंगे भूमि पूजन कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा गृह मंत्री बाला बच्चन अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आरिफ अकील उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और कृषि मंत्री सचिन यादव भी उपस्थित रहेंगे

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आयोजित समारोह में गैस राहत मंत्री और सीहोर जिले के प्रभारी आरिफ अकील ने पात्र हितग्राहियों को प्रतिकात्मक प्रमाण पत्र वितरित किये

वहीं राजस्व मंत्री और टीकमगढ जिले के प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने बडागांव और टीकमगढ तहसील में आयोजित किसान सम्मेलन में लाभविंत किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किये उधर नीमच में जल संसाधन मंत्री हुकुम सिह कराड़ा के मुख्य आतिथ्य में सिंगोली में आयोजित समारोह में किसानों को सम्मान पत्र वितरित किये गये रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आयोजित किसान सम्मेलन में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है शहडोल जिले में भी योजना के तहत किसानो के खातों में राशि आना शुरु हो गई है इसके साथ ही किसानो को कर्जमाफी का प्रमाण पत्र देने का काम भी शुरु हो गया है

विश्वविद्यालय कुलपति भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति दीपक तिवारी ने आज कहा कि उनकी प्राथमिकता इस विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित करने की रहेगी श्री तिवारी ने यहां विश्वविद्यालय के मुख्यालय में कुलपति के रूप में औपचारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया इस मौके पर जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि भी मौजूद थे

मध्यप्रदेश में बालाघाट टीकमगढ़ और ख्जराहो लोकसभा सीट से सपा के प्रत्याशी मैदान में रहेंगे गठबंधन से पहले ही बसपा ने अभी सतना और मुरैना से अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशियों घोषित हो जाएंगे

जबकि गुना छिंदवाड़ा और झाबुआ सीट कांग्रेस के पास है पुलिस महानिदेश कॉन्फ्रेंस भोपाल में स्थित सेन्ट्रल एकेडमी आफ पुलिस ट्रेनिंग में दो दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस जेल महानिदेशकों की कान्फ्रेंस कल से आयोजित की जायेगी इस दो दिवसीय आयोजन का उदघाटन प्रदेश के विधि विधायी कार्य मंत्री पी सी शर्मा करेंगे केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय पुलिस अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश जेल विभाग के तत्वधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी प्रदेशों एवं केन्द्र शासित राज्यों के विभागाध्यक्ष डीजी जेल उनके सहयोगी अधिकारी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एनके जैन मुख्य अतिथि होंगे

पहली बार यह कांफ्रेंस मध्यप्रदेश में हो रही है कांफ्रेंस में देश में जेल प्रशासन के ज्वलंत मुद्दे रिहाई पश्चात बंदियों की देखभाल में समाज की भागीदारी एवं कारावास की वर्तमान व्यवस्था के नए विकल्प जेलों से संबंधित मुद्दों एवं चुनौतियों के न्यूनतम मानक का अनुपालन जेलकर्मियों की भलाई सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी श्रद्धांजलि चित्रकूट सतना जिले के चित्रकृट से अगवा दो जुड़वां भाईयों की हत्या के विरोध में आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सतना में मौन जुलूस निकाला श्री चौहान ने मासूमों को श्रद्वांजलि देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उन्हें भी दंडित किया जाए उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पुलिस तंत्र में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने इंदौर और भोपाल में प्रदर्शन कर इस मामले के लिये राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया वहीं मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने पैदल मार्च कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा शिक्षा मंडल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक और दो मार्च से आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के मद्देनजर भिंड और मुरैना जिलों के संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रो में लाइव बेव कास्टिग और वीडियोग्राफी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं

मण्डल द्वारा सभी जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल की परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रत्येक जिले को एक एक लाख एवं संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर कमशः भिण्ड मुरैना ग्वालियर रीवा देवास एवं इंदौर जिलों को दो दो लाख रूपये उपलब्ध कराये गये हैं